प्रभारी मंत्रियों ने कलेक्टर तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ लॉक डाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पीने के पानी की आपूर्ति तथा मनरेगा कार्यों में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम देने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद ने बीकानेर के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए टिड़डी नियंत्रण के लिए किए जा रहे एहतियाती उपायों और कार्य योजना की जानकारी ली दौसा में प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी और प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ ने दौसा जिले के अधिकारियों की वीसी के जरिए बैठक ली

हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि शहर के कानजी का हाटा जोगीवाड़ा नीमच माता भोपालपुरा और हिरण मगरी क्षेत्र में ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का पता चला है पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है

जिले के सभी पांच कर्फ्यूग्रस्त इलाकों टाउन रूपनगर और गुरूसर रावतसर के लखूवाली गोलूवाला के अमरसिंहवाला और भादरा के जोगीवाला में ये सेवा प्रदान की गई

इस वैन के जरिये लोगों को अस्पतालों तक जाने के झंझट से छुटकारा मिल गया है

दिल्ली में राज्य के अतिरिक्त आवासीय आयुक्त ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में भी खाड़ी देशों से कई प्रवासी राजस्थानी इस अभियान के तहत स्वदेश लौटेंगे इस बीच इस बीच रक्षा मंत्रालय ने अपने विभिन्न सेना स्टेशन्स पर क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है इस योजना का नाम सेतु से समुद्र तक रखा गया है सीमावर्ती जैसलमेर और जोधपुर के सेना स्टेशन में ईरान से लाए गए भारतीयों के वापस लौटने के बाद वहां पर एक बार फिर सऊदी अरब से पांच पांच सौ भारतीयों को लाने की योजना बनायी गयी है आगामी दो तीन दिन में इन भारतीयों को एयर लिफ्ट कर यहां लाए जाने की संभावना है जैसलमेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आकाशवाणी को बताया कि इसके लिए तैयारी करने को कहा गया है राज्य सरकार ने भी विदेशों में फंसे राजस्थान के प्रवासी नागरिकों को लाने की तैयारी शुरू कर दी है इसके लिए जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर और जैसलमेर एयरपोर्ट को चिन्हित किया गया है इन स्थानों पर राजस्थान के लोगों को लाकर यहां स्थित होटलों में अपने खर्चे पर क्वारंटीन किया जाएगा

करौली जिले की प्यारबाई ने बताया कि उनके खाते में केन्द्र सरकार की ओर से जमा कराए गए पांच सौ रूपए से उनको घर के कई काम करने में सुविधा हई है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर तथा गजेन्द्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें भावभीनी श्रद्दाजंलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देशप्रेम स्वाभिमान और पराकम से भरी महाराणा प्रताप की गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणास्त्रोत बनी रहेगी श्री जावडेकर ने अपने संदेश में कहा कि महाराणा प्रताप अदम्य साहस और देशभक्ति के प्रतीक महान योद्वा थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने ट्वीट संदेश में बताया कि त्याग तपस्या स्वतंत्रता के पुजारी महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शोर्य और संघर्ष का प्रतीक है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के अलावा राज्य मंत्रि परिषद के कई सदस्यों ने भी महाराणा प्रताप को इस मौके पर याद किया

मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है

सरकार ने इस खबर को निराधार बताया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है